सीबीआई ने राज्य की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म़स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है सत्रह अगस्त को सीबीआई की टीम ने जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन टोला स्थित पूर्व मंत्री के निजी आवास पर छापेमारी की थी इस दौरान ब्यूरो की टीम को उनके घर से पचास जिंदा कारतूस मिले थे सीबीआई के उपाधीक्षक ने चेरिया बरियारपुर थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी है गौरतलब है कि पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने मुजफ्फरपुर यौन शोषण कांड में अपने पति की कथित भूमिका के बाद पिछले आठ अगस्त को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था सीबीआई मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में जब्त सबूतों के आधार पर राजनेताओं और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है ब्रजेश ठाकुर को मदद पहुंचाने वाले कई लोगों के खिलाफ सबूत मिलने पर सीबीआई की इनपर कड़ी नजर है इधर जदयू ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री दामोदर राउत के बेटे राजीव राउत को पार्टी से निष्कासित कर दिया है राजीव प्रदेश युवा जदयू में महासचिव के पद पर थे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से उनके संबंधों को लेकर पार्टी ने यह कार्रवाई की है जदयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि पार्टी के इस फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर कानून के राज से समझौता नहीं किया जाएगा वहीं पूर्व समाज कल्याण मंत्री दामोदर राउत ने पार्टी की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मामले से उनका या उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है उन्होंने कहा कि वह इस मामले में पार्टी को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मामले में कथित भूमिका पर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा से इस्तीफे की मांग की है वहीं श्री शर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अगर यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ सबूत पेश किए जाते हैं तो वे इस्तीफा दे देंगे मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पिछले दिनों एक सहायक प्रोफेसर पर हुए हमले को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है विश्वविद्यालय के कुलपति अरविन्द कुमार अग्रवाल ने समाजशास्त्र के सहायक प्रोफेसर संजय कुमार पर हमले को देखते हुए विश्वविद्यालय में पठन पाठन की गतिविधियों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है श्री अग्रवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय किया गया है श्री अग्रवाल ने सरकार से हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी का अनुरोध किया है इस बीच राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा नदी में विसिर्जत कर दी गई हर की पौडी पर विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन की रस्म में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के परिजनों के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गृहमंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी उपस्थित थे वहीं दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की अस्थियां पटना में गंगा समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों में प्रवाहित की जाएंगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय इक्कीस अगस्त को दिवंगत नेता की अस्थियों के साथ पटना पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट से अस्थि कलश यात्रा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जाएगी जहां सर्वधर्म प्रार्थना और सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा इसके पश्चात् प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए अस्थि कलश को रखा जाएगा और बाईस अगस्त को पटना में गंगा समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों में अस्थियां प्रवाहित की जाएगी पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी नगर भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में श्रदांजलि सभा आयोजित की गई इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और राज्य के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे इस अवसर पर कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी मन कर्म और वचन से राष्ट्रवाद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित राजनेता थे वहीं स्काउट भवन पूर्णिया में पूर्व प्रधानमंत्री की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भारत स्काउट और गाइड की ओर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की सैंतालीसवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम के लिए लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं इसके साथ ही टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए श्रोता एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि ऐतिहासिक रोहतास किला का विकास पर्यटन केन्द्र के रूप में किया जाएगा रोहतास के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्री मलिक ने कहा कि इससे इस प्राचीन धरोहर की सुरक्षा हो सकेगी और पर्यटन के रूप में रोजगार भी बढ़ेगा राज्यपाल ने सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह मकबरा को भी देखा और इसके आस पास साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था करने को निदेश दिये श्री मल्लिक ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा और सम्पूर्ण विकास को लेकर इक्कीस अगस्त को पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया गया है गया जिले के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन से गरीब परिवारों का पक्के आशियाना का सपना पूरा हो रहा है

शहर के लगभग छह हजार गरीब लोगों का चयन किया गया है वार्ड संख्या ग्यारह के एक लाभार्थी ने बताया कि लंबे समय से उनका परिवार छत वाले मकान का सपना देख रहा था जो इस योजना के तहत मिली सहायता से पूरा हो गया है

आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने से कोसी और बागमती नदियां उफान पर हैं गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से बतीस सेंटीमीटर उपर बह रही है बागमती नदी बेनीबाद में खतरे के निशान से बीस सेंटीमीटर उपर है जबकि कोसी नदी बसुआ में खतरे के निशान से अंठावन सेंटीमीटर और बलतारा मेंएक सौ ग्यारह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज औरंगाबाद जिले के गोह और हसपुरा प्रखण्ड के विभिन्न गांवों का दौरा किया केन्द्रीय मंत्री ने अपने एक दिवसीय दौरे के क्रम में ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया इंडोनेशिया में आयोजित किये जा रहे अठारहवें एशियाई खेलों में भारत ने पहला पदक जीत लिया है दस मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है

नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के पंचाने नदी पुल के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये